वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा दिल्ली राजस्थान ग्जरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री हर्षकर्धन मंत्रिमंडल सचिव राजीव गाबा और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी इस बैठक में शामिल थे पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीके के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी

एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन की उपलब्धता सभी जिलों में पन्द्रह दिसंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि वैक्सीन की ग्णवत्ता बरकरार रहे उन्होंने कहा कि यह सारी प्रक्रिया समय से और सभी विभागों के आपसी तालमेल के साथ पूरी की जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त संख्या में वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी उपलब्ध रहने चाहिए उन्होंने अधिकारियों से पूरी क्षमता के साथ कोविड परीक्षण की प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए और कहा कि कोविड के संबंध में लोगों को जागरूक करने के प्रयास चलते रहना चाहिए

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार देश में आर्थिक सुधार की गति जारी रखने के लिए और कदम उठाएगी उन्होंने कहा कि इन आर्थिक सुधारों से भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बनेगा नई दिल्ली में कल भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के एक सम्मेलन में वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के इस समय में भी व्यापक सुधार करने का कोई अवसर नहीं गंवाया उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने एसे सुधार भी किए हैं जिनकी दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी वित्तमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भी सुधार की गति सुनिश्चित करने के लिए कई और कदम उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकार्ड किए गए कृछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं देश में कोविड के छियासी लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही ठीक होने की दर तिरान्नबे दशमलव सात छह पर पहंच गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के अड़तीस हजार नए मामलों का पता चला जबकि बयालिस हजार लोग ठीक हुए देश में इस समय कोरोना के चार लाख अड़तीस हजार से अधिक रोगी है जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का चार दशमलव सात आठ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में ग्यारह लाख कोविड नमूनों की जांच की गई जिसे मिलाकर अब तक क्ल तेरह करोड सैंतीस लाख नमूनों की जांच की जा चुकी हैं देश में नमूना जांच क्षमता पन्द्रह लाख प्रतिदिन है दो हजार एक सौ चाँतीस प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की जाती है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या चार वर्ष में दो गुना से भी अधिक बढ़ने पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ग्लोबल प्लेटफार्म पर टीएक्स टू अवार्ड मिला है इस उपलब्धि पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने पीलीमीत टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में श्री जावेडकर ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह में पीलीमीत टाइगर रिजर्व में पच्चीस बाघ थे और दो हजार अट्ठारह में इनकी संख्या बढ़कर पैसठ हो गई है उन्होंने इसे श्भ संकेत बताते हुए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने इस उपलब्धि पर अपने सहयोगी स्टाफ और स्थानीय जनता को बघाई दी है